कल वीडियो कान्फ्रेंस के जरिए गुटनिरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कोविड नाइन्टीन के बाद विश्व समुदाय को निष्पक्षता समानता और मानवीयता के आधार पर वैश्वीकरण की नई रूपरेखा तय करनी होगी उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी का सामना कर रही है और गुटनिरपेश देश इससे उबरने में महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं उन्होंने कहा कि यह संगठन वैश्विक एकजुटता बढ़ाने में मदद कर सकता है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि पूरा विश्व कोविड संकट से जूझ रहा है लेकिन कृछ देश लोगों को बांटने के लिए आतंकवाद बेब्नियाद खबरें और फर्जी वीडियो जैसे वायरस फैलाने में लगे है श्री मोदी ने कहा कि भारत सस्ती दवा निर्माण के लिए जाना जाता है भारत ने अपनी जरूरतों के बावजूद उन्सठ ग्रुटनिरपेश्व देशों सहित एक सौ तेईस देशों को कोरोना से जुड़ी दवाएं भेजी हैं और वह इसका वैक्सीन विकसित करने के प्रयासों में भी शामिल है पूर्णबन्दी के कारण देश के अन्य हिस्सों में फसे प्रवासी श्रमिकों और कामगारों को प्रदेश वापस लाने के लिए राज्य सरकार ने जनसुनवाई पोर्टल शुरू किया है प्रदेश का कोई भी नागरिक या प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के निवासी जनसुनवाई डॉट यूपी डॉट एनआईसी डॉट आई एन पर पंजीकरण करा सकते हैं पंजीकरण कराने वाले लोगों को सरकार उनके गंतव्य स्थान तक पहंचाने की व्यवस्था करेगी पंजीकरण की यह सुक्धा आज दोपहर से जनसुनवाई पोर्टल के मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हो जाएगी आवेदन करने वालों को अपना पूरा विवरण देना होगा कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदक के खिलाफ महामारी अधिनियम या आपदा प्रबन्धन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए जे ई मुख्य परीक्षा अट्ठारह से तेईस जुलाई तक होगी मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज यह घोषणा की देशभर के विद्यार्थियों के साथ चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि जे ई ई एडवान्स की परीक्षा अगस्त में होगी जिसकी तारीखें जल्दी ही घोषित की जाएंगी श्री निशंक ने कहा कि नीट यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा छब्बीस जुलाई को होगी श्री निशंक ने कहा कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं और बारहवीं की लंबित बोर्ड परीक्षाओं के संबंध में भी जल्दी ही निर्णय लिया जाएगा ये दोनों परीक्षाएं कोरोना संकट के चलते लॉकडाउन लागू होने के कारण स्थगित कर दी गई थीं विभिन्न मंचों से फैलाई जा रहीं फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रान्तियों को दूर करने का प्रयास करते हैं इसी क्रम में सरकार ने आज व्हाट्सएप पर चल रहे इन संदेशों को खारिज किया है कि दूरसंचार ऑपरेटरों ने लॉकडाउन की विस्तारित अवधि यानी सत्रह मई तक इंटरनेट सेवा मुफ्त उपलब्ध कराने की घोषणा की है पत्र सुचना कार्यालय ने कहा है कि यह दावा झुठा है कार्यालय ने एक टवीट में स्पष्ट किया कि दूरसंचार विभाग ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कुशीनगर जिले में कोरोना संक्रमण का पहला मामला सामने आया है जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र के बेलवनिया ढांढा खुर्द की एक किशोरी को कोविड नाइन्टीन संक्रमण से पीड़ित पाया गया किशोरी एक सप्ताह पूर्व कानपुर से अपने एक रिश्तेदार के साथ आयी थी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एन पी ग्प्ता ने बताया कि गांव वालों की सुचना पर किशोरी को क्वारंटीन में रखा गया था कल देर शाम आयी जांच रिपोर्ट में उसे कोरोना पॉजिटिव पाया गया जिला प्रशासन ने गांव को हॉटसॉट घोषित करते हुए सील कर दिया है प्रदेश के एक और ग्रीन जोन जिले अमेठी में भी आज कोविड नाइन्टीन संक्रमण का पहला मामला मिला एक महिला को कोराना पॉजिटिव पाया गया है वह पांच दिन पूर्व अजमेर से आयी थी सिद्वार्थनगर जिले में आज दस लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई ये सभी एक स्कूल में बनाए गए संगरोध केंद्र में रूके हुए थे जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हो गयी है डुमरियागंज से सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सिद्वार्थनगर जिले में दूसरे राज्यों से अब तक पैंतीस हजार से अधिक श्रमिक और कामगार आए हैं उन्होंने जनपद आने वाले सभी प्रवासी श्रमिकों से आग्रह किया कि वे इक्कीस दिनों तक अपने घरों में पृथक वास में रहें उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन ने होम क्वारंटीन में रह रहे लोगों की निगरानी के लिए ग्राम सुरक्षा समितियां बनाई हैं ये समितियां क्वारंटीन का उल्लंघन करने वालों की सूचना जिला प्रशासन को देंगी उन्होंने सभी लोगों से अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की भी अपील की मथुरा जिले में कल रात एक सड़क द्र्घटना में सात लोगों की मृत्य हो गयी और दो अन्य घायल हो गये हादसा मगोर्रा थाना क्षेत्र के गाव उमरी के पास उस समय हुआ जब मजदूरों से भरा एक टैंपो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गया सभी मृतक मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले थे और यहां मजदूरी के लिए आए थे ये सभी मध्य प्रदेश के लिए बस चलने की सुचना मिलने के बाद टैंपो से जा हाईवे जा रहे थे प्रदेश के कई जिलों में आज भी तेज हवाओं के साथ बारिश के समाचार हैं गोरखपुर वाराणसी चंदौली बलरामपुर और संतकबीरनगर समेत पूर्वाचल के विभिन्न जनपदों में आज सुबह से रूक रूक कर हल्की से तेज वर्षा दर्ज की गयी अयोध्या लखीमपुर खीरी में ओलावृष्टि होने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है